राज्यों से आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर कडी कार्रवाई करने को कहा

प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि

बिहार के आठ करोड़ साठ लाख लोगों को मिलेगा लाभ कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है दस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा लेते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिल कर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और स्थितिपर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका न जाए श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढाई जानी चाहिए

केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए प्रतिदिन एक सौ चौरानवे टन मेडिकल ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया है बिहार को अपने उत्पादन के अतिरिक्त झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर से जबकि पश्चिम बंगाल के बर्नपुर औद द्र्गापुर के प्लांटों से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जायेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव निपुण विनायक ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर ऑक्सीजन का कोटा तय किये जाने की जानकारी दी राज्य में बढ़ते संक्रमण और भविष्य की जरूरतों को लेकर राज्य सरकार ने केन्द्र से तीन सौ टन ऑक्सीजन की कोटा तय करने की मांग की है पटना उच्च न्यायालय ने कोविड महामारी से निपटने में राज्य सरकार के इंतजामों पर कड़ी नाराजगी जतायी है कल इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इलाज के दौरान ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी को लेकर असंतोष जताया न्यायालय ने ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता को आम लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक रूप से प्रचारित करने के निर्देश दिये इधर स्वास्थ्य विभाग ने न्यायालय के समक्ष कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोगों को राहत देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पेश की है कार्ययोजना में स्वास्थ्य विभाग की ओर से दस बिंद्ओं के माध्यम से प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता ऑक्सीजन टैंक संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड की उपलब्धता और कोविड जांच के लिए मशीन खरीद के बारे में जानकारी दी गयी है न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेश की गयी रिपोर्ट पर इसे और बेहतर करने और केन्द्र सरकार के अधिकारियों को निगरानी करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मामलों के महानिदेशक को चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम गठित कर रिपोर्ट देने को भी कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थानआईजीआईएमएस में सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि चिकित्सीय सेवाओं और दवाओं पर होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटीलेटर को शीघ्र चालू करने का निर्देश दिया प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारह हजार छह सौ बहत्तर नये मामले सामने आये हैं इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर छिहत्तर हजार चार सौ उन्नीस हो गयी है पटना जिले में सबसे अधिक दो हजार आठ सौ एक नये मामलों की पुष्टि हुई है जबकि गया जिले में आठ सौ सोलह औरंगाबाद में सात सौ अड़तालीस मुजफ्फरपुर मे सात सौ चार बेगूसराय में छह सौ सात रोहतास में तीन सौ छियानवे पूर्णिया में तीन सौ नवासी मुंगेर में तीन सौ तेरासी भागलपुर में तीन सौ पचहत्तर पश्चिम चंपारण में तीन सौ चौवन और नालंदा में तीन सौ सैंतालीस लोग संक्रमित पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नये मामलों के मिलने के साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बढ़ोतरी हो रही है प्रदेश में संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर उनासी दशमलव दो आठ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौवन लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक लाख आठ हजार एक सौ सैंतालीस नमूनों की जांच की गयी पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की जांच की जिम्मेवारी पंचायत सचिवों को सौंपी है विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिवों को किसी व्यक्ति में लक्षण दिखने पर वे इसकी सूचना स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी को देंगे साथ ही लोगों को हर लक्षण वाले व्यक्ति को कोरोना जांच के लिए प्रेरित करेंगे कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए जाइडस कैडिला की वीराफिन नाम की वैक्सीन को केन्द्र सरकार के औषध नियंत्रक डीसीजीआई ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है जाइडस का दावा है कि इस वैक्सीन की मदद से कोरोना रोगियों को बीमारी से लड़ने और जल्दी रिकवरी करने में मदद मिलेगी जाइडस से यह भी दावा किया है कि इस वैक्सीन के सिंगल डोज के इस्तेमाल बाद सात दिनों में इक्यानवे प्रतिशत से अधिक कोरोना पीड़ितों आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आयी है कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान सतहत्तर हजार चार सौ छियालीस लोगों को कोविड का टीका दिया गया इनमें बावन हजार चार सौ तेईस को टीके का पहला डोज जबकि पच्चीस हजार तैंतालीस लोगों को टीके का दूसरा डोज दिया गया अब तक पूरे प्रदेश में चौसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ उनसठ लोगों को टीका दिया गया देश में अब तक तेरह करोड़ बयासी लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं

इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलोग्राम अनाज दिया जाएगा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित किए गए लगभग अस्सी करोड़ लाभार्थियों के लिए निशुल्क अनाज वितरण का निर्णय लिया है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अपने नियमित मासिक आवंटन के अलावा यह अनाज मिलेगा

केन्द्र सरकार ने कोविड उन्नीस महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए करीब छब्बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज पंचायती राज दिवस पर ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति के पट्टे ई प्रापर्टी कार्ड का वितरण करेंगे वर्चुअल तरीके से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में चार लाख से अधिक लोगों को उनकी सम्पत्ति के ई प्रापर्टी कार्ड दिए जाएंगे और इस तरह देशभर में स्वामित्व योजना पर अमल की शुरुआत होगी टेक्नोलॉजी के जरिए गांवों के सर्वेक्षण और मानचित्रण की स्वामित्व योजना का श्भारंभ प्रधानमंत्री ने पिछले साल चौबीस अप्रैल को केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में ग्रामीण लोगों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय द्रदर्शन आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे सुना जा सकता है मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद इसके मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से एकबार फिर गर्मी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है पिछले दो तीन दिनों से गर्मी में मामूली राहत के बाद तापमान में औसतन सात डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गयी है कई स्थानों पर अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के आस पास पहुंच गया है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से एक दो डिग्री अधिक हो सकता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान अखबार ने कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है ऑक्सीजन के लिए देश में हर तरफ मचा हाहाकार देश में तीन लाख चौवालीस हजार नौ सौ उनचास नये मरीज इसी से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी रेलवे और वायु सेना प्रभात खबर का शीर्षक है मुम्बई की अस्पताल में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी अस्पतालों में दिया सुरक्षा बरतने का निर्देश आज अखबार की सुर्खी है मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने किया आग्रह जरूरी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त हो राज्य दैनिक भास्कर की सुर्खी है अब सिर्फ आईडी प्रफ पर घरेलू गैस कनेक्शन

राज्यों से आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर कडी कार्रवाई करने को कहा

प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि

बिहार के आठ करोड़ साठ लाख लोगों को मिलेगा लाभ